दो अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य साफ सफाई के काम में लोगों का सहयोग जुटाना और स्वच्छता अभियान को और सशक्त बनाना है ताकि बापू के स्वच्छ भारत का स्वप्न पूरा किया जा सके प्रधानमंत्री ने कहा आज मैं सवा सौ करोड़ देशवासी श्स्वच्छता ही सेवाश के संकल्प को फिर से एक बार दोहराने जा रहे हैं आज से लेकर दो अक्टूबर यानी पूज्य बापू की जयंती तक देशभर में हम सभी नई ऊर्जा के साथ नए जोश के साथ अपने देश को अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए श्रमदान करेंगे अपना योगदान देंगे प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों स्कूली बच्चों दुग्ध और कृ षि सहकारी समितियों सद्गुरू जग्गी वासुदेव श्री श्री रविशंकर माता अमृतानंदमयी पटनासाहेब के जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह अजमेर दरगाह के जरार चिश्ती अभिनेता अमिताभ बच्चन उद्योगपति रतन टाटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वच्छाग्रहियों तथा लोगों से बातचीत की श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता को आदत बनाने की जरूरत है स्वच्छता एक आदत है जिसको नित्य के अनुभव में शामिल करना पड़ता है ये स्वभाव में परिवर्तन का यज्ञ है जिसमें देश का जन जन आप सभी अपनी तरह से सक्रिय योगदान दे रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि चार वर्ष पहले शुरू किया गया स्वच्छता आंदोलन अब चरम पर है

लगभग साढे चार लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे

ये भारत भारतवासियों की आप सब स्वच्छाग्रहियों की ताकत हैं श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देश में डायरिया के रोगियों की संख्या काफी कम हो गयी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कचरे के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना होगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार कचरे से आमदनी के प्रयासों को सफल बनाने के लिए गंभीरता से उपाय कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सवा सौ करोड़ भारतीयों के इस स्वच्छता अभियान को पूरा विश्व उत्सुकता से देख रहा है उन्होंने कहा कि जनसहयोग से ही यह आंदोलन सफल हो सका है हमें देश के हर कोने में सफाई का यह स्वभाव हर महीने हर वर्ष मनाते रहना होगा चार वर्ष पहले जो अभियान शुरू हुआ स्वच्छता का आन्दोलन अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहंचा है

असम के युवाओं की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे सामाजिक बदलाव के सेनानी हैं और जिस प्रकार उन्होंने स्वच्छता के संदेश का प्रचार किया वह सराहनीय है उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी सार्थक परिवर्तन में यूवाओं की सदैव अग्रणी भूमिका रही है प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर जिले से स्वच्छता ही सेवा है अभियान की शुरूआत की

देश में एचआईवी संक्रमण के मामले में उन्नीस सौ पन्वानबे से अस्सी प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है उन्नीस सौ पन्वानबे में यह संक्रमण अपने चरम पर था